प्रदेश में भी प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया

और गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरूआत कल से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मथुरा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने लोगों से दो अक्टूबर गांधी जयंती तक अपने घर कार्यालय और कार्य क्षेत्र को एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक आज सबसे बड़े प्रद्षकों में से एक है और इसके कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी की उत्पादकता पर भी असर पड़ रहा है श्री मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की भी शुरूआत की उन्होंने कहा कि सरकार प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हुए मजबूत और नये भारत की ओर बढ़ रही है

यही कारण है कि चाहे स्वच्छ भारत हो जल जीवन मिशन हो या फिर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन रहकर ही हम सशक्त और नये भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रसीलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे

पशुओं को बकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जायेगा हमारा पशुधन स्वस्थ रहे पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी यह कार्यक्रम दो हजार चौबीस तक जारी रखा जायेगा और इस पर लगभग तेरह हजार करोड़ रूपये लागत आयेगी कार्यक्रम की शुरूआत से किसानों की आय दुगुनी करने के सरकार के प्रयासों को बहुत बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया राज्य में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अभियान आज से शुरू हो गया है स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत यह जन जागरूकता अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली अक्तूबर तक चलेगा इसके तहत प्रत्येक वार्ड से एक बार इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक एकत्र कर इसे पुनःचक्रण के लिए स्थानीय निकायों के संग्रह केन्द्रों पर भेजा जा रहा है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य में प्लास्टिक थैलों पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है आज से पटना जंक्शन पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में आज से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि दो अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ आम लोगों और यात्रियों को भी जोड़ा जायेगा उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस वर्ष तीस दिसम्बर से लागू हो जाएगा केन्द्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे श्री पासवान ने कहा कि नये नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता प्राधिकरण को सामान खरीदने के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी शिकायत कर सकते हैं उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चौदह राज्यों में प्रभावी हो गया है और बाकी राज्यों में अगले वर्ष से लागू किया जाएगा इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्र सरकार के सफल सौ दिन पर पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी पुस्तक जन कनेक्ट का लोकार्पण भी किया लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को दो सौ तेंतालीस में से कम से कम दो सौ पच्चीस सीटों पर जीत मिलेगी पटना में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय भी एनडीए को साढ़े तीन सौ से अधिक सीट मिलने की बात कही थी जो पूरी तरह सही साबित हुई उच्चतम न्यायालय मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में पीड़ित बच्चियों को उनके घर भेजने को लेकर कल आदेश सुनाएगा न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान टिस की ओर से स्थिति रिपोर्ट पर राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद फैसला सुनायेगी टिस की ओर से बच्चियों को उनके अभिभावकों को सौंपने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट सौंपी गयी है जिस पर न्यायालय ने कल राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है गौरतलब है कि टिस की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कुछ बच्चियों के घर का पता चल गया है और उनके माता पिता उन्हें वापस लेने को तैयार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में भूमि विवाद के निराकरण के लिए नये सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम जारी है आज पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में होने वाले अपराध में कम से कम साठ प्रतिशत मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं उन्होंने अधिकारियों को भूमि विवाद के समाधान में तेजी लाने को कहा जिससे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला कल से शुरू हो रहा है अठाईस सितम्बर तक चलने वाले मेले में देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिये गया धाम आने का सिलसिला शुरू हो गया है जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये आवास पेयजल शौचालय और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं हिन्द्र धर्मावलंबियों की ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्वजों का पिंडदान विष्णुपद मंदिर के किनारे बहने वाली फल्गु नदी के जल से किया जाये तो पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है हमारे संवाददाता ने बताया है कि विष्णुपद मंदिर सीताकुंड प्रेतशिला रामशिला और कागबली समेत अन्य बलि वेदियों के पास जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गयी है बिहार राज्य पर्यटन निगम ने श्रद्वालुओं की सहायता के लिये पिंडदान एप्प भी जारी किया है प्रनपुन में भी मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं पहले श्रद्धालु पुनपुन नदी के घाट पर पिंडदान करते हैं इसके बाद गया के लिये रवाना होते हैं प्रदेश के अधिकत्तर हिस्सों आज सुबह से रूक रूक कर बारिश हो रही है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे और बारिश की संभावना है पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक चौदह सेंटीमीटर बारिश गोपालगंज के हथ्रआ में रिकार्ड की गयी वहीं सीवान के हुसैनगंज और दरभंगा में पांच सेंटीमीटर वर्षा हुई है इधर बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में शेखपुरा स्थित बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज क्षतिग्रस्त हो गया समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसकी मुहल्ला में पिछले दिनों रेलवे के एक ठेकेदार के घर हुई गोलीबारी के मामले में नामजद आरोपित अंटू इस्सर ने आज स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर बरौनी रेलखंड के दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन पर एक हादसे में दो युवतियों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत धमारा घाट रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख रूपये लेपटॉप और दो मोबाईल फोन लूट लिये गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग ग्यारह सौ बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया वहीं अररिया जिले के सिकटी से एसएसबी के जवानों ने एक व्यक्ति को नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया पूर्णियां पूलिस ने चंपानगर डकैती कांड का उदभेदन कर चार अपराधियों को एक देशी कट्टा दो कारतूस और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है अरवल में सोन नहर के आधुनिकीकरण को लेकर किसान मजदूर समिति के कार्यकर्ताओं ने नहर बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया

प्रदेश में भी प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता अभियान श्रू किया गया

और गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरूआत कल से